मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अधिकारियों को क्वारंटीन के निर्धारित मानदण्डों का पालन सुनिश्चित करवाने के दिए निर्देश विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया की भूमिका को सराहा हिमाचल प्रदेश कोरोना मुक्त होने से केवल एक कदम दूर सिरमौर में बचा है कोरोना एक्टिव पॉज़िटिव का एकमात्र मामला सम्मान भारतीय सेना नौसेना और वायू सेना ने देशभर में आज कोरोना योद्वाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से अनेक गतिविधियां आयोजित कीं इस दौरान वायुसेना के हैलीकॉप्टरों द्वारा दिल्ली के कई अस्पतालों पर पुष्पवृष्टि कर स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार जताया वहीं तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पृष्पांजलि अर्पित कर पुलिस बल के अभूतपूर्व प्रयासों के प्रति सम्मान व्यक्त किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुश्किल की घड़ी में सशस्त्र बलों ने भरपूर सहयोग किया है और कोरोना योद्वाओं के साथ एकजुटता का उनका प्रदर्शन भी महत्वपूर्ण है इधर हिमाचल प्रदेश में भी आरट्रेक ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए

उधर टांडा मैडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में सैन्य बैंड ने सैन्य धुन बजाकर कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों को होम क्वारंटीन के दौरान निर्धारित मानदण्डों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं आज शिमला से उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के सक्रिय सहयोग और सरकार के सामूहिक प्रयासों के कारण हिमाचल जल्द ही कोरोना मुक्त राज्य बन जाएगा इसलिए राज्य में आने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी निगरानी रखना ज़रूरी है मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की ज़िम्मेदारी होगी कि वे अपने गांव और वार्ड में प्रवेश करने वाले लोगों को होम क्वारंटीन की सख्ती से पालना करवाएं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों में फंसे लोगों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने में प्रयासरत्त है

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू ने कहा कि कर्फ्यू में छूट के दौरान शराब की दुकानें खुली रहेंगी मगर बार और अहाते बंद रहेंगे इस दौरान मुख्य सचिव अनिल खाची पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार और आरडी धीमान सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे

वहीं जिन लोगों के पास वाहन हैं और वे हिमाचल प्रदेश में आना चाहते हैं या राज्य से बाहर जाना चाहते है वे इसी पोर्टल पर ई पास के लिए आवेदन कर सकते है प्रवक्ता ने बताया कि इस पोर्टल पर पंजीकरण के आधार पर प्रदेश के बाहर फंसे लोगों और वापिस आने के इच्छुक लोगों की जानकारी मिल पाएगी उन्होंने कहा कि इसी पंजीकरण से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य सरकार उनकी आवाजाही की उचित व्यवस्था करेगी उन्होंने कहा कि लोगों को उनके गंतव्य तक पहंचाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए है जो इस कार्य के लिए संबंधित राज्यों से समन्वय स्थापित करेंगे

आनन्द शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा में उपनेता आनन्द शर्मा ने राज्य सरकार से लॉकडाउन के बाद प्रदेश के विकास और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की योजना पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थायी आमंत्रित वरिष्ठ नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आनन्द शर्मा ने कहा कि वैश्विक महामारी के चलते देश का इस मंदी से जल्द उभर पाना मुमकिन नहीं है उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण आने वाला समय बेहद गम्भीर और चुनौतीपूर्ण होगा ऐसे में सरकार को दीर्घकालिक योजना पर काम करना पड़ेगा जिससे बढ़ती अर्थव्यवस्था बेरोज़गारी गरीबी और महंगाई जैसी जटिल समस्याओं से कारगर ढंग से निपटा जा सके इस दौरान आनन्द शर्मा और पार्टी प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने राज्य कांग्रेस कमेटी के कार्यो की सराहना की रक्तदान शिविर कोरोना संकट और कर्फ्यू के चलते शिमला शहर के अस्पतालों में रक्त की कमी को दूर करने के लिए समाज सेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने शिवा युवक मण्डल के सहयोग से शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के खौंड् गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने बताया कि शिमला ग्रामीण क्षेत्र में कर्फ्यू के दौरान संस्था का ये तीसरा रक्तदान शिविर है प्रेस दिवस आज विश्वभर में प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में मीडिया को पूरी स्वतंत्रता है जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया के पास लोगों को सूचित और शिक्षित करने की ताकत है वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मीडिया कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि स्वतंत्रता और इसके बाद मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण रही है उन्होंने कहा कि मुश्किल के इस दौर में प्रदेश के मीडिया ने सरकार के दिशा निर्देशों को आम लोगों तक पहुंचाया जिससे हिमाचल में कोरोना समाप्ति की ओर है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर मीडिया कर्मियों को बधाई दी उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ये दिन प्रेस की स्वतंत्रता और व्यवसायिक नैतिकता के मुद्दों को दर्शाता है

बिंदल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक राजीव बिंदल ने आज नाहन में कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान फिर से शुरू किए गए सरकारी निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की उन्होंने लॉकडाउन के कारण बंद सैनवाला बर्मा पापड़ी सड़क के निर्माण कार्य को फिर से शुरू करवाया और साथ ही विभिन्न पंचायतों में सैनिटाइज़र और फेस कवर भी वितरित करवाए उन्होंने कहा कि नाहन क्षेत्र में फसल कटाई और अन्य कृषि गतिविधियों को सभी तरह की बाधाओं से मुक्त रखा गया है और क्षेत्र के किसानों को हरियाणा से पशु चारा लाने के लिए प्राथमिकता के अधार पर अनुमति दी जा रही है सुक्खू कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व विधायक सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सरकार को चिकित्सकों नर्सों व पैरा मैडिकल स्टाफ एम्बुलेंस कर्मचारी सफाई कर्मी और पुलिस कर्मी जैसे कोरोना योद्वाओं को दो माह का अतिरिक्त वेतन बोनस के तौर पर देने की सलाह दी है उन्होंने कहा कि इससे ये कर्मचारी दोगुने उत्साह के साथ कोरोना से जंग लड़ेंगे सुक्खू ने पुलिस कर्मियों को पीपीई किट मुहैया करवाने की मांग करते हुए कहा कि पुलिस कर्मी कोरोना योद्वा के अलावा जनता के अंगरक्षक की भूमिका भी निभा रहे हैं ऐसे में उनकी सुरक्षा के भी पूरे बंदोबस्त किए जाने चाहिए उन्होंने सरकार से कोरोना की टैस्टिंग में तेजी लाने और मजदूर वर्ग की सुध लेने की भी अपील की

राज्य में अब एकमात्र कोरोना पॉजिटिव का एक्टिव मामला ज़िला सिरमौर से रह गया है इस तरह से सबसे अधिक कोरोना पॉज़िटिव मामले वाला ज़िला ऊना भी कोरोना मुक्त ज़िलों की सूची में शामिल हो गया है

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मेजर अनुज सूद की शहादत पर शोक व्यक्त किया और शहीद की आत्मा को शांति प्रदान करने व शोक संतप्त परिवार को दुख की इस घड़ी में शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की उन्होंने कहा कि अनुज सूद ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुती दे दी जिसके लिए देश व प्रदेश को उन पर गर्व है बर्फबारी जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति में मई माह में बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं लाहौल घाटी में बीती रात से व्यापक वर्षा और आज सुबह से बर्फबारी हो रही है रोहतांग दर्रे पर आधा फुट से अधिक कोकसर में अढ़ाई इंच जबकि केलंग में डेढ़ इंच ताज़ा हिमपात हुआ है इस बर्फबारी से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य भी बाधित हुआ है लाहौल घाटी की चंद्रा और तोद घाटी में मटर बिजाई का कार्य प्रभावित हुआ है बर्फबारी के कारण रोहतांग दर्रे पर आज वाहनों की आवाजाही बंद रही